इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

बैठक में वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के र्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अन्मति देने का भी फैसला किया गया एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विदयार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन प्रर प्रामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किए जाएगा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विदयार्थियों की सेवाओं का उ योग रेजिडेंट के रू में हले की तरह जारी रखा जा सकता है इसीतरह बी एस सी जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं कोविड प्रबंधन में सेवाएं उप्लब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम सौ दिन की कोविड ड्यूटी प्री करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी इनको सरकारी बीमा योजना की स्विधा दी जाएगी ऐसे सभी प्रोफेशनल को सौ दिन की कोविड इयूटी प्री करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा

सरकार का मानना है कि इससे कोविड इय्टी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उ लब्धता स्निश्चित होगी और कोविड मरीजों के उ चार के लिए जरूरी चिकितसा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी

गेंहँ एम एस ती केंद्र सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के आधार शर मध्य प्रदेश सहित क्छ राज्यों से रबी फसलों की लगातार खरीद कर रही हैं सरकारी एजेंसियों दवारा चालू रबी फसल की खरीद के दौरान दो सौ बानवे लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहं की खरीद की गई है

इससे लगभग उन्तीस लाख किसानों को लाभ मिला है

उधर भो ाल संभाग कमिश्नर कवीन्द्र कियावत ने आज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लाक के गांवों का दौरा कर संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाई जा रही गतिविधियों का जायजा लिया

यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यक दवाओं और अन्य संसाधनों की सम्चित व्यवस्थाएं है

इनमें रेमडेसिविर इंजेकशनएपीआई चिकितसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉनसेनट्रेटर्स क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैकक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं यह छूट इन चिकितसा उसकरणों और सामान के निश्क्रम वितरण के लिए तीस जून तक जारी रहेगी इससे शहले सरकार ने ऐसे चिकितसा उ करणों और सामान को आयात श्लक्क और सब्वासश्चय्न उ कर से छूट दी थी मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों प्री तरह से बदला हुआ है आमतौर र मई माह में गर्मी के तेवर तीखे होते है लेकिन इस बार मई की श्रूआत झमाझम बारिश के साथ हई है पिछले दो दिनों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हए हैं और गरज चमक के साथा झमाझम बारिश हो रही है कई जगहों र ओलावृष्टि भी हई है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने बताया कि उत्तर श्चिमी मध्यप्रदेश र ऊ री हवा का चक्रवात के साथ साथ तीन सिस्टम के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिला श्रू हो गया है जिसके चलते वातावरण में ठंडक घ्ल गई है

उधर होशंगाबाद में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है हिल स्टेशन चमढ़ी में भी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया

आई ीएल आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाडियों के कोरोना संक्रमित शाये जाने के बाद ऐसा किया गया है